पंजाब के आनंदप्र साहिब में आज समाप्त ह्ये होला मोहल्ला मेले में लाखों श्रद्वालुओं ने शिरकत की

रंगो का त्यौहार होली आज पूरे देश सहित हरियाणा पंजबा और चंडीगढ़ में धूमधाम से मनाया गया ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत और बंसत के आगमन का प्रतीक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू और प्रधानमंत्री नरेनद्रमोदी ने होली की पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनायें दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि होली का त्यौहार भारतीय विविधता और बह् सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है उन्होंने आशा प्रकट की कि ये त्यौहार भरोसे को मजबूत करेगा और अच्छाई को बढ़ावा देगा राष्ट्रपति भवन में आज पारंपरिक होली मिलन समारोह आयोजित नहीें किया जा रह है ये निर्णय कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हये लिया गया है उपराष्ट्रपति वेंकैंया नायड्र ने लोगों का आहवान किया कि वे होली मे सम्बधों और भाईचारे को मजबूत बनाये जो समाज का इकट्ठा रखने का आधार है श्री नायड्र ने आशा व्यक्त की होली का त्यौहार लोगों में मनम्टाव और आपसी टकराव को दूर कर ख्शहाली शांति ख्शी और सामंजस पैदा करेगा

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल उप म्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला गृहमंत्री अनिल विज ने होली की प्रदेशवासियों को बधाई व श्भकामनायें दी है म्ख्यमंत्री ने कहा कि होली का त्यौहर परस्पर प्रेम व सदभाव लेकर आता है मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे रंगों के इस त्यौहार को जैविक व परम्परागत फूलों के रंग से सुरक्षित ढंग से मनायें उप म्ख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने भी लोगों को रसायनिक रंगों की जगह जैविक रंगों के इस्तेमाल की अपील की केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने भी होली के मौके पर म्बारकबाद देते हये लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि रंगों का त्यौहार होली मर्यादा के साथ मनाना चाहिए सिरसा में भी होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया यहां उप म्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला के आवास पर उनके समर्थक पहंचे और उन्होंने अजय व दिग्विजय चौटाला को पर्व की बधाई दी दोनो जेजेपी नेताओं ने होली की श्भकामनायें दी और कहा कि होली प्यार सौहार्द और भाईचारे का पर्व है बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने भी सिरसा में समर्थकों के साथ होली मनाई उन्होंने फागोत्सव सभी को बधाई दी यम्नानगर में भी हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जा रही है

यमुनानगर जिले के प्राचीन श्रीसूर्यक्ंड मंदिर अमादलप्र प्राचीन केदारनाथ मंदिर आदि बद्री नाथ प्राचीन पंचम्खी मंदिर बिलासप्र में हजारों लोगों द्वारा होली उल्लास से मनाये जाने के समाचार है अम्बाला जिले में भी आज होली का त्यौहार ध्रमधाम से मनाया गया

अम्बाला के प्रसिदव ऐतिहासिक ग्रूदवारा पंजोखरा साहिब ग्रूदवारा मंजी साहिब ग्रूद्वारा बादशाही बाग में दीवान सजायें गये जहां लोगों ने माथा टेका और दर्शन किये जिला य्वा विकास संगठन दवारा संचालित चाईल्ड लाईन अम्बाला के कार्याकाल में बच्चों के साथ हर्षोल्लास से फूलों के साथ होली मनाई गई

दमकल की गाड़ियों ने घटना स्थल पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया है पंजाब में श्री आनंद प्र साहिब का ऐतिहासिक होला मोहल्ला आज दोपहर बाद नगर कीर्तन और खालसा खेलों के साथ समाप्त हो गया यह ऐतिहासिक मेला दो दिन पहले तख्त श्रीकेशगढ़ साहिब में श्री अखंड पाठ के प्रकाश के साथ श्रू हआ था इन तीन दिनों में लाखों श्रद्वाल्ओं ने इस उत्सव में भाग लिया

निहंग सिंह सम्प्रदाय ने इस अवसर पर घ्ड़सवारी गतका श्रू और नेज़ेबाज़ी के करतब दिखायें

इस विमान को गाजियाबाद के हिंडल विमानतल पर उतारा गया

विदेश मंत्री डॉ एस जय शंकर ने ईरान में भारतीय दूतावास के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया तथा उन्होंने वहां के भारतीय मेडिकल टीम की सराहना की है श्री जयशंकर ने भारतीय वाय्सेना के अधिकारियों व कर्मचारियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में श्रद्वाल्ओं को लाने का कार्य किया और ईरानी अधिकारियों द्वारा सहयोग की सराहना की विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ईरान में फंसे और भारतीयों को भी वापस लाने का प्रयास कर रही है

अबतक कोरोना के संक्रमण की चपेट में एक लाख दस हजार लोग आ च्के है केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग बच्चों के दिलों में हये छेद का उपचार कर उन्हें जिंदगी प्रदान कर रहा है

नगर निगम पंचकूला दवारा वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हितधारकों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया इसकी अध्यक्षता नगर निगम आय्क्त स्मेधा कटारिया ने की जिसका म्ख्य उदवेश्य पंचकूला से गंदगी दूर कर इसे स्मार्ट सिटी और स्वच्छ शहर बनाना है

दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए म्लाना के एम एम मेडिकल कॉलेज में लाया गया है